सियासी सरगर्मियों के बीच बयानबाजी का दौर तेज मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी का तटस्थ रहने का ऐलान

राज्य में सियासी सरगर्मियां जारी हैं

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहन्ती की खंडपीठ ने इस मामले पर पक्ष विपक्ष की दलीलें सुनीं उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट पर पार्टी के साथ धोखा करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि भाजपा इस मिलीभगत में शामिल है

उन्होंने कहा कि वे पार्टी के सदस्य और विधायक हैं श्री पायलट ने कहा कि उन पर और उनके समर्थक विधायकों पर लगाये गये आरोपों को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रहेगी उधर मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी तटस्थ रहेगी

दोनों पार्टियां एक जैसी हैं उन्होंने किसानों के मुद्दे भी उठाये बसपा से कांग्रेस में आये छह विधायकों ने भी एक प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की इन विधायकों ने कहा कि वे कांग्रेस को मजबूत करने आये थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरे पांच साल शासन करेगी नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया ने पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र यादव को पत्र लिखकर भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की श्री भारद्वाज ने मुख्य सचेतक महेश जोशी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ भाजपा की ख्याति को क्षति पहंचाने के सम्बन्ध में शिकायत की थी इस बीच एसओजी और एसीबी ने विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार के खिलाफ कथित षड़यंत्र रचने के मामले में जांच तेज कर दी है इस मामले में कुछ व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किये गये हैं

इसके तहत उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार प्राप्त हो गये हैं भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर कार्यवाही कर उपभोक्ता विवादों को समय पर सुलझाया जायेगा अब उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करना किसी भी उत्पादक और सेवा प्रदाता कम्पनी के लिए मंहगा साबित होगा

नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज से इसकी शुरुआत हुई इन परीक्षणों के लिए एम्स के डॉ संजय राय को प्रधान निरीक्षक बनाया गया है

वीडियो कांफ्रेंस के जरिये होने वाले इस कार्यक्रम को ई आईसीयू नाम दिया गया है इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे डॉक्टरो के साथ मरीजों के प्रबंधन पर चर्चा करना है जो देशभर के अस्पतालों और कोविड केन्द्रों में संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हैं

जयपूर जोधपूर भरतपूर धौलपूर अजमेर पाली अलवर बीकानेर और कोटा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले कुछ दिनों से जांच की संख्या को बढ़ाया गया है जिसके कारण ज्यादा कोरोना रोगी सामने आये हैं

पूरे जिले में कल तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी

गौरतलब है कि राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए व्यक्तियों के परिजनों के लिए निःशुल्क मोक्ष कलश विशेष बस सेवा शुरु की गई थी

धौलपुर बूंदी और झुंझुनु में वर्षा हुई झुंझुनु से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रात से शुरु हुआ बारिश का दौर आज भी रुक रुक कर जारी रहा

वहीं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अलवर भरतपुर झुन्झुनू दौसा और करौली जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है

इस अवसर पर प्रदेशभर में स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन की पालना करते हुए विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वहीं टोंक जिले के बीसलपुर स्थित गोकणेश्वर महादेव मंदिर में सैंकड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद मंदिर परिसर को खाली करवाकर अग्रिम आदेश तक दर्शनों पर रोक लगा दी गई है